मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी फायनांस कंपनी में धावा बोलकर अपराधियों ने आज दिन दहाड़े लगभग दस करोड़ रूपये मूल्य का सोना और दो लाख रूपये नकद लूट लिये पुलिस सूत्रों ने बताया कि छह की संख्या में आये अपराधियों ने पहले मैनेजर से गोल्ड लोन के बारे में पूछताछ की कार्यालय में प्रवेश के बाद अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर सभी कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया और वहां रखे पांच बैग सोना और नकद राशि लेकर फरार हो गये अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है इधर शिवहर जिले के नगर थाना क्षेत्र के सरसौता गांव के पास अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप से पैंसठ हजार रूपये लूट लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिसकर्मियों को अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े निर्देश दिये हैं आज पटना में पुलिस मुख्यालय भवन में कॉफी टेबल बुक के लोकार्पण समारोह में श्री कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था पर डीजीपी से लेकर सिपाही तक को नजर रखने की जरूरत है उन्होंने कहा कि हर कर्मी गंभीरता से काम करे तो आम लोगों की आकांक्षाओं पर पुलिस खरा उतरेगी इस बीच पूलिस महानिदेशक गूप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि अपराध नियंत्रण और लोगों की समस्याओं को सुनने के लिये उनके कार्यालय में डीजीपी प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये आज लोगों से संवाद भी किया श्री पांडेय ने फेसब्क लाइव के जरिये लोगों से सुझाव लिये और उनकी समस्याओं को जाना संवाद में श्री पांडेय ने पुलिस अधिकारियों से आम लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने को कहा उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया प्रलिस महानिदेशक ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि वे आम लोगों की समस्याओं से खुद को भी जोड़ सकें और उसका तत्काल निष्पादन हो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वृषिण पटेल और प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक दूसरे पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है वृषिण पटेल ने दानिश रिजवान पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है वहीं श्री रिजवान ने कहा कि वृषिण पटेल ने पार्टी कोष की धनराशि का दुरूपयोग किया है श्री पटेल ने कहा कि वे महागठबंधन में बने रहेंगे महागठबंधन में लोकसभा चूनाव के लिये सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव में बीस से बाईस सीटों पर चुनाव लड़ेगी श्री पूर्वे ने कहा कि पार्टी का जनाधार महागठबंधन में शामिल द्रसरी पार्टियों के अपेक्षाकृत अधिक है इसलिए उनकी दावेदारी सबसे अधिक सीटों पर बनती है हालांकि उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा शीघ्र हो जायेगा सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस भी बीस सीटों पर दावेदारी कर रही है रालोसपा अध्यक्ष और पूर्व केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने पिछले दिनों अपने ऊपर हुए हमले की पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमिटी से जांच कराने की मांग की है श्री कुशवाहा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल उनकी हत्या की कोशिश कर रहा है राज्य में प्रखंड विकास पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों के अभियंताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है हड़ताल के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यो और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन ठप हो गया है बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने अपनी सेवा को राज्य सेवा घोषित करने और मूल वेतन में स्कैल नौ प्रदान करने की मांग की है संघ के अधिकारियों ने कहा कि मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी हड़ताल कर रहे प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने सरकार की ओर से बातचीत की पेशकश को भी ठुकरा दिया है इधर हड़ताल कर रहे कर्मियों के खिलाफ विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है सीतामढ़ी जिले में जिलाधिकारी ने अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित चौदह बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिये हैं संबंधित प्रखंडों में वहां के अंचलाधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया है विभिन्न विभागों के अभियंताओं द्वारा अपनी सेवा शर्तों में सुधार की मांग को लेकर हड़ताल के कारण कामकाज पर व्यापक असर पड़ा है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर ने कहा है कि सरकार तेरह अंकों वाली रोस्टर प्रणाली पर जल्द ही उच्चतम न्यायालय में पूनर्विचार याचिका दायर करेगी राज्यसभा में स्पष्टीकरण देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि उनकी सरकार दलितों आदिवासियों और पिछड़े वर्ग को विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण को बरकरार रखना चाहती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र के संघीय ढांचे को और मजबूत बनाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध ही किसी लोकतंत्र की नींव होती है श्री कुमार आज बिहार विधान मंडल के नवनिर्मित भवन के सेंट्रल हॉल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका तीनों को अपनी अपनी जिम्मेवारी और सीमाओं का पालन करना चाहिए श्री कुमार ने कहा कि राजनेताओं को भी संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बातें कहनी चाहिए समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सूशील कुमार मोदी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को विधायी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और उन्हें सुचारू रूप से प्रश्नकाल चलाने में मदद करनी चाहिए विधानसभा अध्यक्ष विजय क्मार चौधरी ने कहा कि आगामी बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण इसी सेंट्रल हॉल में होगा उन्होंने कहा कि सेंट्रल हॉल की परिकल्पना पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के लिये की गयी है समारोह को विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने भी संबोधित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बिहार के लोक रंगमंच के कलाकार रामचंद्र मांझी सहित बयालीस कलाकारों को वर्ष दो हजार सत्रह के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया श्री मांझी को पारंपरिक कला नृत्य संगीत और कठपुतली कला वर्ग में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तिरानवे वर्षीय श्री मांझी भोजपुरी के शेक्सपीयर के रूप में प्रसिद्ध लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के सहयोगी रहे हैं सारण जिले के निवासी श्री मांझी प्रसिद्ध लौंडा नाच कला के जाने माने कलाकार हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पूर्णिया में भाजपा के संगठन कार्यकर्ताओं और शक्ति केन्द्रों के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे रंगभूमि मैदान में होने वाले इस सम्मेलन में पूर्णिया के अलावा किशनगंज कटिहार और अररिया लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी पदाधिकारी भाग लेंगे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गयी है परीक्षा के पहले दिन नवादा के कन्हाई इंटर स्कूल से पांच छात्राओं को कदाचार के आरोप में हिरासत में लिया गया वहीं कई जगहों पर देर से पहुंचने के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज बक्सर सदर अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन किया इस शिविर में पांच हजार से अधिक लोगों की आंखों की जांच की जायेगी और मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा चिकित्सा शिविर के लिये बक्सर जिले के बाहर के नेत्र विशेषज्ञों को भी बुलाया गया है वैशाली जिले के तिसियौता थाना क्षेत्र के डभैच गांव के पास पूलिस ने एक ट्रक से लगभग तीस लाख रूपये मूल्य की तीन सौ सैंतीस कार्टन शराब बरामद की है मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है वहीं जिले के सराय थाना क्षेत्र के पौरा जागोडीह गांव से पुलिस ने एक सौ पंचानवे कार्टन शराब बरामद की है दूसरी तरफ कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के जहानाबाद गांव से पुलिस ने बारह सौ से अधिक बोतल शराब बरामद की है शेखप्रा जिले में शिक्षा विभाग ने लेखा कार्यक्रम पदाधिकारी शिवचंद्र बैठा की सेवा समाप्त करने के लिये कार्रवाई के आदेश दिये हैं कार्यक्रम पदाधिकारी पर तैंतीस लाख रूपये की निकासी मामले में गलत रिपोर्ट देने का आरोप है नवादा जिले के गोविंदपुर थाना के थाली बाजार में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने एक शिक्षक के पूत्र की गोली मारकर हत्या कर दी रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ताराचंडी स्थान के पास ट्रक की चपेट में आने से एनटीपीसी के दो कर्मचारियों की मौत हो गयी बांका जिले के बेलहर से पुलिस ने धान अधिप्राप्ति में गबन करने के आरोपी उद्योग प्रसार पदाधिकारी अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है